मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना को लेकर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में नहीं बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन सेब सीजन को देखते हए नेपाल व अन्य राज्यों से आने वाले मजदूरों के लिए यातायात की उचित व्यवस्था करेगी सरकार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कलदीप राठौर ने कहा सरकार कोरोना महामारी के इस संकट के दौर में अपनी उपलब्धियां गिनाने में व्यस्त

वे आज शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आने वाले और राज्य से बाहर जाने वाले लोगों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को सख्ती से पालन करने पर भी बल दिया उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों से आने वाले लोगों की कोरोना संक्रमण के लिए जांच अनिवार्य है और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें होम क्वारंटीन की अनुमति दी जानी चाहिए जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहित आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि होम क्वारंटीन किए गए लोगों पर विशेष ध्यान दें ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सेब व आम बहल क्षेत्रों में श्रमिकों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए ताकि बागवानों को असुविधा का सामना न करना पड़े मुख्य सचिव अनिल खाची और पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडी जिला के मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में मीडिया प्रतिनिधि कोरोना योद्वा के तौर पर सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं

इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा जयराम ठाक्र ने कहा कि हिमाचल में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और यदि मामले बढ़ते हैं तो केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में सारी स्थितियों को सामान्य करने पर जोर दिया जा रहा है

जयराम ठाक्र ने कहा कि पोस्ट कोविड को प्रदेश में वैलनेस ट्ररिज्म के तौर पर विकसित करने पर विचार किया जाएगा

गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के सिद्वांत पर कार्य कर रही है और अब तक का सरकार का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों को ओछी राजनीति से प्रेरित बताया है गोविंद ठाक्र ने कहा कि कथित वेंटिलेटर खरीद मामले में कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और विपक्ष बिना तथ्यों के सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है गोविंद ठाकुर ने कहा कि कोरोना के वर्तमान संकट काल में प्रदेश सरकार ने लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के उददेश्य से कई सराहनीय कार्य किए हैं भारद्वाज शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि सेब सीजन के दौरान बागवानों को मजदूरों की कमी न हो इसके लिए प्रत्येक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं शिमला में आज सेब सीजन की तैयारियों को लेकर एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नेपाल और देश के अन्य राज्यों से आने वाले मजदूरों को यातायात की उचित व्यवस्था करेगी

उन्होंने कहा कि बागवानों को सेब के कार्टन व बॉक्स की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी

इसके अलावा शिक्षामंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आगामी मॉनसुन के मद्देनजर सभी प्रबंध पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं

कोरोना पॉजीटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं

कुलदीप सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि देश व प्रदेश कोरोना महामारी के कारण कठिन दौर से गुजर रहा है मगर सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में व्यस्त है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने प्रदेश सरकार पर घटिया किस्म के उपकरण पीपीई किट्स और वेंटिलेटर खरीदने का आरोप भी लगाया राठौर ने देश व प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जताई है उन्होंने वर्चुअल जनसंवाद रैली की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा कोरोना संकट के मौजूदा दौर में भी राजनैतिक एजेंडे पर काम कर रही है रजनी पाटिल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रनजी पाटिल ने कहा है कि मनरेगा ने ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाया है

रजनी पाटिल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम दो सौ दिनों के लिए लागू करने की मांग की है

वे आज शिमला में होटल ढाबा और होमस्टे व रेस्टोरेंट यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे थे उपायुक्त ने प्रतिनिधियों को पर्यटन विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का गम्भीरता से पालन सुनिश्चित करने को कहा अमित कश्यप ने होटल रेस्टोरेंट व ढाबों में सामाजिक दूरी और स्वच्छता सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चुनौतियों से निपटने के लिए सभी को सजग व सतर्क रहने की जरूरत है

ऊना में आज जिला व्यापार मण्डल के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी उपायुक्त ने व्यापारियों को आरोग्य सेतु ऐप्प डाउनलोड करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश भी दिए

उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि झारखंड प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद इन मजदूरों को वहां भेजने का प्रबंध किया गया है उन्होंने कहा कि मजदूरों को भेजने से पहले इनकी चिकित्सकीय जांच व थर्मल स्क्रीनिंग की गई